लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का कोई औचित्य नहीं इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रदेश सरकार ढाई सौ से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़ेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय के पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति की कल समीक्षा की ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति स्थापित कर के स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं प्रधानमंत्री ने सभी से शांति और भाईचारा बनाये रखने की अपील की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर असर पड़ सकता है उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा पर केन्द्र को दोष देना घटिया राजनीति है इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंसा के लिए केन्द्र गृहमंत्री और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उन्होंने लोगों से शांति की अपील की उधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर के स्थिति का जायजा लिया श्री डोमाल ने मौजपुर इलाके में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और अब स्थिति नियंत्रण में है इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलो की तैनाती कर दी गयी है

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंवावा ने यह भी कहा है कि हिंसा फैलाने वाले अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जायेगी और उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जायेगी पुलिस के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर अट्ठारह हो गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का कोई औचित्य नहीं है और इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्र की छवि को खराब कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है तब प्रदर्शनकारी देश के विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं श्री योगी कल विधानसभा में बजट पर अपना वक्तव्य दे रहे थे उन्होंने विफ्टी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया श्री योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का समी को अधिकार है लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ कड़ाई से निपटा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तेईस करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है सीएए के नाम पर विरोष प्रदर्शन अनावश्यक है यह नागरिकता देने का कानून है आदरणीय प्रघानमंत्री यह बार बार कह चुके है कि किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने वाली है

प्रदेश के विकास को अवरूद्व कर रहे हैं प्रदेश की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा हैं जब देश दुनिया के आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है और तब विपक्ष का इस प्रकार का खैया अत्यन्त ही गैर जिम्मेदराना पूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के इस बजट में सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार किसी वर्ग क्षेत्र और समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतती है उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है

उधर विधान परिषद में कल मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जनगणना में जातीय गणना कराने की मांग की इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह विषय राज्य सरकार का नहीं है इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार ही कोई निर्णय ले सकता है सरकार के जवाब से असंतष्ट सपा सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आ गये जिसके बाद सदन की कार्यवाही तीन चरण में पचपन मिनट तक स्थगित रही वहीं सदन में कल सपा सदस्यों द्वारा लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से अरबी फारसी सोशल वर्क डिफेंस और कृषि अभियांत्रिकी विषयों को हटा देने का मामला भी प्रश्नकाल में उठाया गया जिसका समर्थन करते हुए भाजपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आयोग के इस फैंसले के बाद प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा के दो अतिरिक्त अवसर और देने चाहिये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मुलमंत्र के साथ समाज के सभी वर्गो तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई सौ से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़ने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है श्री मौर्य कल प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के राजापुर बिश्वन में पैंतालीस सड़कॉ के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे

उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दला आजम खां को भी जाली दस्तावेजों के आरोप में जेल भेज दिया गया है फर्जी आयू प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले में आजम खां के साथ रामपुर से विद्यायक उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और स्वार से विघायक बेटे अब्दला खां की जमानत याचिका स्थानीय अदालत में खारिज कर दी गई थी मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां कल अपने परिवार के साथ अदालत में पेश हुए इससे पहले स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और अदालत में पेश न होने पर उनकी सम्पत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था रामपुर पुलिस ने अपने आरोप पत्र में तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने में भारत के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आया है उन्होंने कहा कि अब हमारी सशस्त्र सेना देश को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए सीमा पार जाकर कार्रवाई करने से नहीं हिचकती बालाकोट हवाई हमले की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में कल रक्षामंत्री ने कहा कि पिछले साल छब्बीस फरवरी को भारतीय वायुसेना ने एक हवाई हमले में बालाकोट आतंकी प्रशिक्षण कैम्प को तबाह कर दिया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जल्द ही शुरू किया जायेगा केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार ने इस योजना को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया है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 इसके अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की संस्कृति लोक कला रहन सहन और पर्यटन स्थलों से रूबरू करा रहे हैं आइए आज मेघालय के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं मेघालय में कई सुन्दर स्थान हैं ऐसा ही एक स्थान है स्मित गांव यह राजघानी शिलांग से काफी पास है खासी की पहाड़ियाँ पर बसा यह गांव प्रसिद्ध पारंगरिक त्यौहार पोम्बांग नॉगखेम के लिए भी जाना जाता है नेघालय के अधिकांश प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जयंतिया पहाड़ियों के किनारों पर बसे हैं सिंदाई गांव भी एक ऐसा ही स्थान है जो अपनी गुफायों के लिए काफी लोकप्रिय है दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मावसिनराम भी मेघातय में है मेघातय के लोग हवा में श्रूलती पेझें की जड़ों यानी एरियल रूट्स को जोड़कर पुल बनाते हैं ये पुल काफी मजबूत होते हैं और इसमें से एक बार में पंदह से बीस लोग तक आसानी से आ जा सकते हैं इन पुलों पर चतने का अनुमव पर्यटकों के लिए अनाखा होता है प्रदेश के रामपुर जिले में कल सुबह एक एसयूवी कार और बस की आमने सामने से हुई टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गए दुर्घटना जिले की तहसील शाहबाद क्षेत्र में हुई अपर पुलिस अधीक्षक विद्या सागर शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में एसयूवी में सवार आठ लोगो में से पांच की मौत हो गयी